पिछले महीने से जारी राष्ट्रव्यायपी लॉकडाउन के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री का यह तीसरा संवाद होगा दकान निर्देश राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कुछ दुकानों को खोलने की छूट के बारे में गृह मंत्रालय के निर्देशों को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर अन्य सभी तरह की दुकानें खोली जा सकेंगी शहरी इलाकों में आवासीय क्षेत्रों के आसपास की छोटी दुकानें कर्फ़यू में ढील के दौरान खोली जा सकेंगी लेकिन शॉपिंग कॉम्लैक्स में बनी दुकानों मल्टीब्रांड और सिंगल ब्रांड वाले मॉल को यह छूट नहीं मिलेगी शहरी इलाकों में बड़े बाजार नहीं खुल सकेंगे

सभी के लिए मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य बनाया गया है सरकार ने स्पष्ट किया है कि कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में ऐसी कोई छूट नहीं होगी इसके अतिरिक्त रेस्त्रां सेलून और नाई की दुकानें भी लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगी

एक संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ होने से अब सोलन जिला प्रदेश का सातवां कोरोना मुक्त जिला बन गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल शाम जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार ऊना जिला में चार चंबा व हमीरपुर में दो दो कांगड़ा और सिरमौर में एक एक कोरोना संक्रमित मरीज ही रह गए हैं

भाजपा मंडल शिमला भाजपा मंडल के ब्रथ अध्यक्षों की एक बैठक कल शिमला में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम हुई इस दौरान कोरोना महामारी से निपटने में कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की गई जिला अध्यक्ष राजेश शारदा ने महिला मोर्चा द्वारा बनाए गए मास्क व उनके वितरण के कार्यों की सराहना की उन्होंने कार्यकर्ताओं से आरोग्य सेतू एप्प डाउनलोड करने के लिये लोगों को प्रेरित करने का आह्वान किया मौसम प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में आज रुक रुक कर बर्फबारी जबकि चंबा मंडी किन्नौर व कांगड़ा जिलों में वर्षा हो रही है बर्फबारी से जहां रोहतांग दर्रा खोलने का कार्य बाधित हुआ है वहीं लाहौल घाटी में मटर बिजाई भी प्रभावित हुई है निचले जिलों में वर्षा से गेहूं की फसल को भी नुकसान हुआ है क्योंकि इन इलाकों में फसल कटाई का कार्य जोरों पर हैं राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में हल्के बादल छाए हुए हैं मौसम विभाग ने मध्यवर्ती व निचले क्षेत्रों में आज कुछ स्थानों पर गरज के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है विभाग ने उंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हिमपात की संभावना भी जताई है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों में कमी से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है दोनों मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव सोलन जिला हुआ कोरोना मुक्त दैनिक जागरण ने लिखा है तीन स्वस्थ ऊना के जमाती की दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल में कोरोना का ड्रामा जारी ऊना का एक नेगेटिव फिर पॉजिटिव निकलने से प्रदेश आहत दैनिक भास्कर के मुताबिक जमात से जुड़े कोरोना संक्रमित की फॉलोअप रिपोर्ट फिर पॉजिटिव